देश में नए वित्तीय वर्ष से चौपहिया वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयर बैग होगा अनिवार्य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

इससे पहले महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों से कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतने की अपील की है उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने बैठक में बताया कि उन्होंने प्रदेश में कोविड वैक्सीन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ बातचीत की है

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने में बेहतरीन प्रबंधन किया है

कुछ विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना वैक्सीनेशन करवाया राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायिक कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

कल इस बीमारी से एक रोगी की मृत्यु हुई

भारतीय खाद्य निगम नैफेड राजफैड और तिलम संघ की एजेंसियों के जरिये यह खरीद की जाएगी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेशभर में करीब साढ़े तीन सौ खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है इसके अनुसार इस साल एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले वाहन के नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी

मंत्रालय की यह अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझाओं पर आधारित है